लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उड़ान जैसी सरकारी योजनाओं के माध्यम से हवाई यात्रा करना आसान और कम खर्चीला हुआ है श्री मोदी ने कहा कि उनका वो सपना सच होगा जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला सामान्य व्यक्ति हवाई यात्रा कर सकेगा प्रधानमंत्री आज सिक्किम के पाक्योंग में राज्य के पहले हवाई अड्डे के उदघाटन के अवसर पर एक समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि सरकार कम दरों वाली घरेलू उड़ानों को प्रोत्साहित कर देशभर में सम्पर्क व्यवस्था सुचारू और सुदृढ़ बनाने की नीति पर कार्य कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद दो हजार चौदह तक सड़सठ सालों में देश में पैंसठ एयरपोर्ट बने थे लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद केवल चार सालों में पैंतीस एयरपोर्ट बनाये गये है प्रदेश में पॉलिथिन पर प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना नहीं जारी करने पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगायी है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना नहीं जारी किये जाने के कारण प्रदेश में आज से पॉलिथिन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव अमल में नहीं आ सका पटना हाई कोर्ट ने इसे अपने आदेश की अवमानना मानते हुये राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया और इस संबंध में जवाब मांगा मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की खंडपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुये मुख्य सचिव से पूछा है कि पॉलिथिन पर पाबंदी के लिए अधिसूचना कब जारी की जायेगी बेगूसराय जिले के व्यवहार न्यायालय परिसर में हत्या के इरादे से आये तीन अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को विफल कर दिया है पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि चार अपराधी किसी आरोपी की हत्या के इरादे से आये थे जिसमें से तीन को धर दबोचा गया वहीं एक अन्य अपराधी फरार होने में सफल हो गया अपराधियों के पास से गोलियों से भरी तीन पिस्तौल और कई गोलियां बरामद की गयी है मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के विरोध में आज शहर में मोतीझील सहित विभिन्न बाजारों के दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहे विभिन्न सामाजिक और व्यवसायिक संगठनों ने हत्या के विरोध में बंद का आहवान किया था प्रदर्शनकारियों ने देवरिया मोतीपुर मुख्य मार्ग को कई घंटे तक जाम रखा इधर समीर कुमार और उनकी चालक की हत्या के मामले में एसएसपी और नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग अलग जांच टीम का गठन किया गया है पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फूटेज से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है प्रदेश में अपराध की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने आज कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की इसमें मुजफ्फरपुर में कल पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या समेत राज्यभर में हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं पर विचार विमर्श किया गया बैठक में पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी समेत गृह और पुलिस विभाग के आला अधिकारी शामिल हुये उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा सदस्यता से अयोग्यता के मामले में शरद यादव को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है जदयू नेता आरसीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जदयू ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि अपनी नयी पार्टी बनाने के बावजूद शरद यादव दिल्ली हाईकोर्ट में खुद को जदयू का सदस्य बता रहे हैं वह खुद को जदयू का सदस्य बताकर सिर्फ अपनी राज्यसभा की सदस्यता बचाना चाहते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए सभी स्तर के पदाधिकारी बूथ और शक्ति केन्द्रों पर प्रवास करेंगे आज पटना में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक को संबोधित करते हुये श्री राय ने कहा कि लोगों को केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी और उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए अभियान भी चलाया जायेगा श्री राय ने कहा कि हर लक्षित व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित किया जायेगा इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जन जन के बीच केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यो को पहुंचाना आवश्यक है बैठक को मंत्री नंदकिशोर यादव और मंगल पाण्डेय ने भी संबोधित किया राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रघ्वंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा पार्टियों की ताकत के आधार पर होगा श्री सिंह ने आज पटना में कहा कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की ताकत अधिक होगी वहां उसे उचित सम्मान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में वे अपनी पारंपरिक सीट वैशाली से चुनाव लड़ेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि आयुष चिकित्सा को भी आयुष्मान भारत के दूसरे चरण से जोड़ा जायेगा उन्होंने कहा कि इसके तहत देशभर के सभी एम्स में आयुष चिकित्सा की व्यवस्था होगी श्री चौबे ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने इस आशय का फैसला ले लिया है शीघ्र ही इस पर काम शुरू हो जायेगा उच्चतम न्यायालय ने भीड़ द्वारा हिंसा रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों पर अमल न किये जाने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे उपद्रव और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए राज्यों ने उठाये गये कदम के बारे में जानकारी नहीं दी है न्यायालय ने इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर आठ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट सौंपने को कहा है पूर्वी चंपारण जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खूले बैंक खातों ने महिलाओं में लघ् बचत को प्रोत्साहित किया है

आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार बेगूसराय जिले की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत बारह वर्ष की सजा सुनाई है साथ दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है वहीं कटिहार जिला की एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है नवादा जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी और उपाध्यक्ष गीता देवी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आठ जबकि विरोध में बारह सदस्यों ने वोट दिया बांका जिले के चांदन प्रखंड अन्तर्गत बरगुनिया मध्य विद्यालय में मध्याहन भोजन खाने से साठ बच्चे बीमार पड़ गये जिन्हें ग्रामीणों की सहयोग से स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जानकारी के अनुसार अध्याहन भोजन में छिपकली के गिर जाने से भोजन विषाक्त हो गया था रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र में आज शाम सड़क किनारे स्कूल वाहन का इंतजार कर रहे पांच स्कूली बच्चों को ट्रक ने क्चल दिया जिससे एक छात्र की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी कम्पनी के कर्मी को गोली मार दी और उसके पास से तैंतीस हजार रूपये लूट लिये बाद में इलाज के दौरान स्थानीय अस्पताल में घायल कर्मी की मौत हो गयी

लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया